मौसम मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है बीती रात राजधानी रायपुर में भारी बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है शहर के कई सड़कों चौराहों और निचली बस्तियों में पानी भर गया जिससे यातायात प्रभावित हुआ

रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्यप्रदेश के बीच बने चक्रवात के असर से राजधानी रायपुर सहित उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है बीते चौबीस घंटों के दौरान गुंडरदेही में एक सौ चालीस मिलीमीटर सहसपुर लोहारा में एक सौ पांच मिलीमीटर और रायपुर में इकयासी मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है मौसम विभाग के अनुसार चालू मानसून के मौसम में छत्तीसगढ़ में अब तक सामान्य से पंद्रह प्रतिशत कम बारिश हुई है खरीफ फसल बोनी राज्य के अधिकतर इलाकों में बीते दो दिनों से हो रही मानसून बारिश से किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है खेती किसानी के काम ने जोर पकड़ लिया है खरीफ मौसम की करीब चालीस प्रतिशत बोनी पूरी हो गई है

कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि चालू खरीफ मौसम में लगभग अड़तालीस लाख बीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अनाज दलहन तिलहन और साग सब्जी बोने का कार्यक्रम बनाया गया है इसमें से लगभग बीस लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोनी पूरी हो गई है इस साल लगभग सैंतीस लाख हेक्टेयर में धान बोने की तैयारी की गई है कल तक की स्थिति में लगभग सत्रह लाख हेक्टेयर में धान की बोआई पूरी हो चुकी है उन्होंने बताया कि वर्तमान में इकहत्तर हजार हेक्टेयर में मक्के और चार हजार हेक्टेयर में ज्वार कोदो कुटकी की बोनी पूरी कर ली गई है इस प्रकार कुल सत्रह लाख पैंतालीस हजार हेक्टेयर में अनाज फसलें बोयी जा चुकी है संसद मानसून सत्र केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले इस महीने की सत्रह तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा जाएगा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी इसी दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है मानसून सत्र अट्ठारह जुलाई को शुरू होगा और दस अगस्त तक चलेगा इस सत्र में अट्ठारह बैठकें होंगी सत्र के दौरान लोकसभा में पारित और राज्यसभा में लंबित तीन तलाक विधेयक प्राथमिकता पर होगा सरकार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाये जाने की भी कोशिश करेगी राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग और ट्रांसजेंडर विधेयक पर भी चर्चा होगी मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की मांग करते हुए कहा कि संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज रायपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी इस दौरान उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की बैठक में श्री साहू ने बताया कि इकतीस जुलाई को एकीकृत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा वहीं आगामी इक्कीस अगस्त तक इस सूची के बारे में दावा आपत्तियां की जा सकेंगी इनका निराकरण बीस सितम्बर तक कर लिया जाएगा आगामी छब्बीस सितम्बर तक प्रक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा

सड़क बैंक और संचार सुविधाओं के क्षेत्र में हाल के वर्षो में उल्लेखनीय प्रगति हुई है आज मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में मुख्य सचिव अजय सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि बस्तर रेंज में एक हजार तीन सौ पांच किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कें बनाने का लक्ष्य है जिसमें से आठ सौ एक किलोमीटर सड़कों का काम प्ररा कर लिया गया है बैठक के दौरान राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही सड़क परिवहन रेल दूरसंचार बिजली और स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए बैठक में बताया गया कि कांकेर कोंडागांव नारायणपुर बस्तर दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा और राजनांदगांव जिले के विभिन्न इलाकों में क्ल एक सौ पचास शाखा बैंक खोलने का लक्ष्य है जिसमें से अब तक छियासी शाखाएं शुरू कर दी गई हैं दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगभग एक हजार मोबाइल टॉवर लगाए जा रहे हैं जिनमें सें अब तक पांच सौ पच्चीस टॉवर स्थापित कर दिए गए हैं जबकि एक सौ छह मोबाइल टॉवरों का कार्य निर्माणाधीन है जवान श्रद्धांजलि कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा बिछाए गए आईईडी विस्फोट में कल शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के दोनों जवानों को आज कांकेर पुलिस लाइन में सलामी दी गई विधायक शंकर ध्रुवा बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक अरुण कुमार बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा और कलेक्टर टामन सिंह सोनवानी सहित बीएसएफ और जिला पुलिस के अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी इसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर के लिए रवाना किया गया

दोनों जवान नित्यानंद नायक और संतोष लक्ष्मण कर्नाटक के रहने वाले थे जशपुर छात्राएं बीमार जशपुर जिले के घोलेंग गांव में संचालित एक निजी स्कूल की पंद्रह छात्राओं की आज अचानक तबीयत खराब हो गई इन छात्राओं को उल्टी दस्त और बुखार की शिकायत के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है ये छात्राएं जिला मुख्यालय से करीब छह किलोमीटर दूर स्थित घोलेंग में संचालित हॉली क्रास कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्रावास में रहती हैं घटना के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला अस्पताल में भर्ती छात्राओं का हाल चाल जानने पहुंची उन्होंने डॉक्टरों से चर्चा कर छात्राओं को बेहतर स्वस्थ्य सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए

वहीं धमतरी में ही बीड़ी मजदूरों ने भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली

इसी मृद्दे को लेकर रायगढ़ में भी कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने कलेक्टोर्रेट के बाहर प्रदर्शन किया

आम लोगों से दावा आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं